सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने नेताजी के ेत्रों के संकलन ेर आधारित ुस्तक का भी विमोचन किया इस अवसर र उन्होंने कहा कि नेताजी आत्मनिर्भर भारत के सा ने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं

उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को अशिक्षा को बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी अशिक्षा बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा और प्रयास करना होगा स्लग राक्रम दिवस कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी स्भाष चंद्र बोस की जयंती को राक्रम दिवस के रू में मना रहा है

राज्य ाल बेबी रानी मौर्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ेर भाव ूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्था क होने के साथ ही भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नेताजी स्भाष चंद्र बोस की जयंती र जारी अ ने संदेश में कहा कि नेताजी के नारों दिल्ली चलो और त्म मुझे खून दो मैं त्म्हें आजादी दूंगा से य्वा वर्ग में एक नये उत्साह का प्रवाह हआ था वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप्राध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को एक अद्भुत और चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी यूग रुष थे जिन्होंने अ ना जीवन देश की आज़ादी की जंग को समर्शित कर दिया था

आज नेताजी स्भाष चंद्र बोस की जयंती के मौके शर देहराद्न में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया इस अवसर प्र म्ख्यमंत्री ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि सैन्यधाम के लिए हर शहीद सैनिक के सरिवार के घर के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी

इस सैन्य धाम में देश की आजादी के बाद देश की रक्षा में अ ना बलिदान देने वाले राज्य के वीर स ्तों का विवरण अंकित होगा सैन्यधाम में राज्य की गौरवशाली सैन्य रम् रा के साथ ही इससे संबंधित जानकारी भी आम जनता को उ लब्ध होगी स्लग निशंक बैठक केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा रमेश ोखरियाल निशंक ने आज देहरादून हवाई अड्डे टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और बचे हुए कार्य को जल्द पुरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये वे आज नये बन रहे टमिनल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होने निर्माण और यात्री सुविधाओ के बारे मे विस्तार से चर्चा की उन्होने अधिकारियो को हिमालय दर्शन नाम से र्यटको के लिए नई सेवा श्रू करने और विमान ेतन और हिमालयन हास्थिअल के बीच से जा रहे तीन गावो को जोडने वाले मार्ग का चौडडा करने के निर्देश भी दिये बैठक के बाद त्रकारो से बातचीत मे केन्दीय मंत्री ने कहा कि हवाई अडडे र सुविधाओ के विस्तार से प्रदेश की जनता को साथ ही व्यवसायियो को भी लाभ होगा

स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों मुख्य विकास अधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ किये जा रहे टीकाकरण की समीक्षा की

उन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य बेहतर ढंग से करने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की सफलता के लिए आधसी समन्वय के साथ और अधिक कुशलता ूर्वक कार्य करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में फ्रंट लाईन में कार्य कर राजस्व विभाग लिस होमगार्ड ीआरडी सफाई कर्मचारी रामिलिट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना है

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक क्मार ने इसकी घोषणा की चार ुलिसकर्मियों को राज्य ाल उत्कृष्ट सेवा दक से सम्मानित किया जाएगा छह लिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से नवाजा जाएगा

स्लग गणतंत्र दिवस रिहर्सल गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर र राज थ र आज उत्तराखण्ड राज्य की झांकी केदारखंड की झलक भी देखने को मिली